उन्होंने दो एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के लिए सालाना छह हजार रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी ऎलान किया इसे ऎतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी छह हजार रुपये की यह राशि दो दो हजार रुपये की किस्तों में किसानों के खातों में पहुंचेगी केंद्र सरकार की इस योजना को पिछले साल पहली दिसंबर से लागू किया जा रहा है इसके अंतर्गत पहली किस्त का भुगतान इस साल माएच के अंत तक कर दिया जाएगा इससे बारह करोड़ छोटे और बहुत छोटे किसान परिवारों को फायदा होगा

रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है केंद्रीय वित्तमंत्री ने घोषणा की कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और उच्चकोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो रक्षा बजट में और बढ़ोतरी की जाएगी बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है अंतरिम बजट में आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रुपये की गई है इसके साथ भविष्य निधि विशेष बचत और बीमा में निवेश करने पर ये सीमा साढ़े छह लाख रुपये तक हो जाएगी गृह ऋण पर दो लाख़ रुपये तक के ब्याज शिक्षा ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान चिकित्सा बीमा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा व्यय के कारण इससे अधिक की कुल आयु वाले व्यक्तियों पर भी कर का कोई बोझ नहीं पड़ेगा इन प्रावधानों से तीन करोड़ मध्यमवर्गीय करदाताओं को साढ़े अटठारह हजार करोड़ रुपये का कर लाभ होगा इन करदाताओं में अपना कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी वेतनभोगी पेंशनभोगी आर वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे बजट में स्वास्थ्य देखभाल मनरेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित कार्यक्रम के खर्चे में भारी बढ़ौतरी की गई है बजट में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग के गठन का प्रस्ताव किया गया है देश में बिजली कनेक्शन चाहने वाले सभी परिवारों को अगले महीने तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे केंद्रीय वित्तमंत्री ने सन दो हजार तीस तक सकल घलेलू उत्पाद को दोगुना कर दस ट्रिलियन डॉलर करने के लिए बजट में दस सूत्री विजन की घोषणा की है बजट में केंद्र सरकार की ई मार्केट प्लेस योजना का केंद्र सरकार के सभी उपक्रमों के लिए विस्तार किया गया है बजट में एक लाख गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है

मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने लंबित पोतिन पांगिंन सड़क परियोजना के महत्व को देखते हुए मुख्य सचिव सत्य गोपाल को उच्चाधिकार अंतर मंत्रालय समिति की बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया था उन्होंने एस ए आर डी पी एन ई के तहत इस सड़क के निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने के संबंध में विस्तृत व्योरा बैठक में रखने को कहा अधिकारी सूत्रों के अनुसार कल हुई इस बैठक में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या तेरह के अंतर्गत तीन हजार नौ सौ नवासी करोड़ रुपये की पोतिन पांगिन सड़क परियोजना के लिए प्रस्ताव को समिति ने मंजूर कर दिया है समिति ने संबंधित प्राधिकारी को जल्द से जल्द इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया नॉर्थ ईस्ट रिजनल पावर कमेटी ने निप्कों की रंगानदी जल विद्युत परियोजना के लिए आज से आगामी तीस अप्रैल तक मरम्मत कार्य हेतु शटडाऊन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है राज्य के विद्युत मंत्री तामियो तागा ने बताया कि रंगानदी जल विद्यूत परियोजना के टनल में लिकेज के मरम्मत के लिए शटडाऊन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि यदि तत्काल मरम्मत नही किया गया तो परियोजना ठप हो जाएगी इससे राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को कटौती की सामना करना पड़ेगा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 आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दश दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया